दिल्ली पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों के बीच कल पूरे दिन संघर्ष जारी रहा ज्यादातर घटनाएं मुकरबा चौक गाजीपुर आईटीओ सीमापुरी नांगलोई टी प्वाइंट टीकरी बॉर्डर और लालकिले पर हुई

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भीड़ में से कुछ लोग लालकिले की प्राचीर पर भी चढ़ गए जहां उन्होंने अपने संगठनों का झंडा फहराया दिल्ली पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद लालकिले की प्राचीर और आसपास से भीड़ को भगा दिया वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति की कल समीक्षा की सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान दिल्ली में अर्दधसैनिक बलों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया

पहली फरवरी को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन में दो बजे तक और लोकसभा कार्यवाही शाम चार बजे से रात्रि नौ बजे तक चलेगी

इसके साथ ही शिक्षक और पुलिस भर्ती के लिए हम जल्द ही नियमावली लाने जा रहे हैं सीएम ने झारखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए कई अन्य कार्य किए जा रहे हैं श्री सोरेन ने कहा कि पिछला वर्ष हमलोगों के लिए कठिन दौर था हम सबने मिलकर वैश्विक महामारी कोरोना से डटकर मुकाबला किया और इस प्रदेश को संकट से बाहर निकाला अब सरकार सशक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के संकल्प को लेकर काम कर रही हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि लोन माफी योजना शुरू की है

इसके अलावा पशुधन विकास योजना युवाओं को रोजगार खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति सहित अनेक काम सरकार ने किए हैं

पुलिस वीरता पदक से जैप वन के कमांडेंट अनीश गुप्ता और सिपाही राजू सोय को सम्मानित किया गया जबकि विशिष्ट सेवा पदक से धनबाद जिला के नंद किशोर सिंह सम्मानित हुए इसके साथ ही सराहनीय सेवा पदक से पैंतीस पुलिस अधिकारी व कर्मी सम्मानित हुए

इसके साथ ही इरकन कुजूर पुष्पा टोप्पो जंगल वारफेयर के स्कूल के साइबू बाड़ा जेरोम बाखला रांची के सहायक अवर निरीक्षक देवेंद्र कमार सिंह बोकारो के प्रफ्ल्ल किडो हवलदार भानू प्रताप लोहरदगा के परमेश्वर प्रसाद गुमला जिला के रणवीर कुमार सिंह सम्मानित हुए इनके अलावा लोहरदगा के अरुण कुमार भगत सीआईडी के शंकर नाथ बोकारो के श्यामल कुमार मंडल रतन लाल लायेक रांची के चितरंजन प्रसाद सिन्हा कोडरमा के विजय क्मार रंजन गोड्डा जिला बल के जमाल अहमद पलामू जिला बल के निरंजन भगत अमजद खान और चतरा जिला बल के सुनील कुमार को सम्मानित किया गया मौके पर राज्यपाल ने मेडल और प्रशस्ति पत्र सौंपा

इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य एक लाख दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी हुई कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार अपनी मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है

देश में कोविड से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि विभिन्न प्रयोगशालाओं में कल पांच लाख पचास हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई

केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण उत्तराखंड में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में शामिल होने के इच्छुक सभी श्रद्वालुओं को उत्तराखंड सरकार के पास अपना नामांकन करवाना आवश्यक होगा सभी श्रद्वालुओं को अपने राज्य के जिला अस्पताल या चिकित्सा कॉलेज या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा

इस वर्ष कोविड महामारी के कारण मेले की अवधि कम कर दी गई है मेला साढ़े तीन महीने के स्थान पर डेढ महीना चलेगा मेले में आने वाले श्रद्वालुओं के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है विभिन्न मार्गों से कई विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी राज्यपाल द्रोपदी मुर्म ने राजधानी रांची के मोरहाबादी में स्थित इंस्टीच्यूट ऑफ लीगल स्टडी सेंटर में क्रिएटिविटी सेंटर का उदघाटन किया राज्यपाल ने इसे विद्यार्थियों के लिए बडी सौगात बताया वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल आज दोपहर लोहरदगा में नवनिर्मित महिला महाविद्यालय का उदघाटन करने जायेंगी लोहरदगा शहर से थोड़ी दूर पर स्थित बरही गांव में बनाए गए महिला कॉलेज में छात्रावास की भी व्यवस्था है इस महिला महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ छात्रावास की भी व्यवस्था की गई है जिसका लाभ आसपास के क्षेत्र की छात्राओं को भी मिलेगा लोहरदगा जिला में यह पहला महिला महाविद्यालय खोला गया है जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है कार्यकम को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं भारतीयता की भावना जाग्रत करने के लिए भारत पर्व कल से शुरू हुआ

इस आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागरूक करना और देश की समुद्ध और विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया है

इस अवसर पर श्री बिड़ला ने कहा कि भारत पर्व भारत की सांस्कृ तिक विविधता की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करता है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से क्छ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे